सत्तानबे प्रतिषत से अधिक विद्यार्थी हुए सफल

प्रदेष में कल पचास से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर सात सौ से अधिक हो गई है

ये दोनों बाहर से लौटी थीं कल रामगढ़ से उत्रीस धनबाद से नौ रांची से छह हजारीबाग से पांच जमषेदपुर से आठ दुमका से दो सरायकेला गढ़वा पलामू और बोकारो से एक एक संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई

षेष का इलाज किया जा रहा है इधर देषभर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले दो लाख से पार कर गये हैं जबकि लगभग एक लाख मरीज स्वस्थ भी हुए हैं धनबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है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

जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने मामले की जांच के बाद यह कार्रवाई की अनियमितता बरतने के मामले सामने आने के बाद जिले के विभिन्न प्रखंडों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था जिले के प्रतापपुर प्रखंड में मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी पाये जाने पर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देष दिया गया है जैसा कि आपको मालूम हो कि मनरेगा के अंतर्गत तालाब खुदाई और सड़के काम को फर्जी दिखाकर अनियमितता बरती गयी रामगढ़ जिले के सीसीएल बरका सयाल कार्यालय में एसीबी की टीम ने क्लर्क महफूज आलम को पांच हजार रूपये घूस लेते गिरफ्तार किया है सेवानिवृत्त पूर्व सीसीएल कर्मी स्वर्गीय बैद्यनाथ मंडल के परिजन से सेवानिवृत्ति के पैसे निकालने के लिये क्लर्क ने घूस मांगी थी नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने राज्य के सभी नगर निकायों के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में हर दिन घर से कचरा का उठाव सुनिश्चित कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है सचिव ने यह भी कहा कि अब अगर किसी कंपनी के अंतर्गत काम करने वाले सफाईकर्मी वेतन या अन्य कोई मामलों को लेकर हड़ताल करते हैं तो संबंधित कंपनी पर कार्रवाई की जायेगी विभागीय सचिव कल सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त कार्यपालक और विशेष पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ठोस कचरा प्रबंधन कार्यो की समीक्षा कर रहे थे लॉकडाउन के कारण जिन प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कार्य रूक गया था उसे यथाशीघ्र शुरू करने कचरा उठाव ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग सुचारू रूप से कराने का भी निर्देश दिया उन्होंने कहा कि प्लांट के निर्माण में यदि जमीन को लेकर दिक्कत आ रही है तो संबंधित उपायुक्त से समन्वय बनाकर कार्य आगे बढ़ाने का निर्देष दिया जाये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

बार काउंसिंल के चेयरमैन झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि विधि विभाग के प्रधान सचिव गृह विभाग के प्रधान सचिव वित्त विभाग के प्रधान सचिव और झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक इसके पदेन सदस्य होंगे अधिवक्ता लिपिकों में से तीन को इस समिति में शामिल किया जाएगा इनमें से एक अधिवक्ता लिपिक को समिति द्वारा निधि का कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक निजी कंस्ट्रक्षन कंपनी के रांची स्थित तीन ढिकानों पर छापेमारी की इस दौरान जांच एजेंसी ने कंपनी के दफ्तर से कई महत्वपूर्ण फाइलें और कंप्यूटर हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया है

झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कल नौवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी किया

परीक्षा परिणाम जारी करते हुए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों को केवल पढ़ाने के कार्य में लगाने होंगे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में लगाना कहीं से भी उचित नहीं है उन्होंने पिछली सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया इस परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी है

इसमें चार लाख छह हजार बच्चे पास हुए हैं परीक्षा में दो लाख बारह हजार छात्राएं और एक लाख तिरानबे हजार छात्र उत्तीर्ण घोषित किये गये हैं इस परीक्षा में कोडरमा जिले के बच्चों बेहतर प्रदर्षन किया है

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बीपीएलधारी गरीब छात्रों की शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि झारखंड में पॉलिटेक्निक आईटीआई नर्सिंग पारामेडिकल समेत अन्य तकनीकी और वोकेशनल शिक्षा गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक नहीं है फीस को लेकर गरीब परिवारों के बच्चे दाखिला नहीं ले पाते हैं जिस कारण संस्थानों में सीटें खाली रह जाती हैं श्री मरांडी ने ऐसी व्यवस्था में सुधार कर इसे व्यावहारिक और गरीब परिवारों के लिए लाभकारी बनाने पर जोर दिया बाबूलाल ने कहा कि सरकार वास्तव में छात्रों को सरकारी सहायता मुहैया कराना चाहती है तो उनकी पूरी फीस राज्य सरकार द्वारा संबंधित संस्थान को ही भुगतान किया जाना चाहिए बेकारो जिला प्रषासन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दिषा में काम कर रहा है इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी विकास कार्य मजदूरों से ही कराने का निर्णय लिया है

यह मामला आने के बाद हजारीबाग वन क्षेत्र के वन संरक्षक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि पेड़ लोगों की रैयती जमीन में लगा हुआ है हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा कि पेड़ की लकड़ी बरामद की गई है और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है जबकि स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि लकड़ी तस्करों और कुछ ग्रामीणों ने पेड़ काटा है जहां पेड़ कटे हैं उसके बगल में वन विभाग द्वारा ट्रेंच काटने के भी निशान है जो रैयती जमीन से उसे अलग करता है मौसम विभाग ने राज्यभर में अगले तीन दिनों तक बादल छाये रहने और मध्यम दर्जे की बारिष का अनुमान जताया है विभाग ने बारह जिलों में वजवात का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के निदेषक एसडी कोटाल ने बताया कि बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में टर्फ लाइन बनी हई है जिससे झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात और मध्यम दर्जे की बारिष होने की संभावना है सात जून के बाद मौसम सामान्य रहेगा

सरकार ने इन द्कानों को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी है उपायुक्त ने कपड़े और जूता चप्पल के दुकानदारों तथा दुमका चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से यह बात कही

उसके बाद किसी भी तरह की व्यवसायिक गतिविधि चलाने की इजाजत नहीं होगी